केन्द्र सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाने का प्रयास करेगी

इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अलग अलग दो सर्वदलीय बैठकें कीं

मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जयपुर पहुंची इस बैठक में मेट्रो भूमि आवंटन चिकित्सा सेवा नियम संशोधन गृह रक्षा से जुड़े मामले और चौथी संतान होने पर राज्य कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े मुददों पर चर्चा होने की संभावना है बैठक में कृछ सामाजिक संगठनों को भूमि आवंटन से जुड़े मामलों पर निर्णय हो सकता है बैठक में मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद हैं

यह कार्यसमिति पार्टी में सर्वोच्च फैसले करती है

पार्टी की कमान संभालने के बाद श्री राहल गांधी ने कार्य समिति का पहली बार गठन किया है

कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला और सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह ने किया शिविर के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं को गरीब और बेसहारा लोगों को विधिक सेवा उपलब्ध कराये जाने जैसे विषयों पर जानकारी दी जा रही है

रैली में भाग लेने के लिए आधी रात से ही युवाओं का भर्ती स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था

इस मॉडल को गृह मंत्रालय को भेजा गया हैं जहां से स्वीकृति मिलने पर इसे बाड़मेर जैसलमेर श्रीगंगानगर बीकानेर जिले में लागू किया जाएगा